् जोधप्र में स्वाइन फ्लू से तीन और मौते चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा

गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने स्कूल व्याख्याता भर्ती जारी की थी जिसमें एक हजार सात सौ नवासी पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी

इन पदो के लिए साढे चार लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है

बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत मंत्रीपरिषद के सदस्यों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाग लिया बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि रैली में श्री गांधी से आग्रह किया जायेगा कि वे देषभर के किसानों की कर्जमाफी के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनायें

आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है जहां पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलने और कर्जे के कारण किसानों ने आत्महत्या की उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसानों का हर तरह का कर्जा माफ करने जा रही है

इन परियोजनाओं से पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी और इनसे सरहदी इलाकों में बेहतर संपर्क स्थापित होगा

इस महीने में अब तक स्वाइन फ्लू से छह मरीजों की मौत हो चुकी है

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कल े जोधप्र में स्वाइन पलु की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को स्वाइन फ्लू मरीज के तत्काल संपर्क में आने वाले और आसपास रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि जुकाम बुखार खांसी और नाक बहना जैसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत पास के अस्पताल में उपचार करायें इस बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ संजीव जैन कल जोधपुर पहुंचे और सीएमएचओ के साथ शहर के हाइ रिस्क क्षेत्र मदेरणा कॉलोनी भदावासिया फाटक और महामॅदिर क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया

इसके लिए नियमित विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों को नियमित गृणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किए जाने पर भी विर्शेष जोर रहेगा उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार हो सकेंगे इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के खाली कालांश या अतिरिक्त समय में कक्षाएं लगाकार उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जाएगी इस दौरान विद्यार्थियों को विशेष व्याख्यानों के जरिए उनके व्यक्तित्व विकास मानसिक दक्षता गणित और अंग्रेजी में विशेष योग्यता के लिए तैयारी करवायी जाएगी

गृह मंत्रालय के सहयोग से हए कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आये युवक युवतियों ने नृत्यों की प्रस्तुति देकर लोकरंग की छटा बिखेरी

इन पदों के लिए अधिसूचना रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है

समझौते के तहत ये सुनिश्चित किया जायेगा कि फास्टैग देशभर में सभी पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध हों यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में किया जाएगा

झालावाड जिले में दो अलग अलग हादसों दो लोगों की मौत के समाचार हैं

मुख्य उपज में शामिल फसलों के अलावा उद्यानिकी की फसले जिनमे सबसे ज्यादा नुकसान बैंगन टमॉटर मटर प्याज और आलू की फसलों को हुआ है